रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयात पर निर्भरता कम करने और सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता में सुधार के लिए रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की जरूरत पर बल दिया है श्री सिंह ने रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने पर भी जोर दिया वह आज नई दिल्ली म भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की योजनाओं के विषय पर एक संगोष्ठी में बोल रहे थे बाइट भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही डिजाइन किए गए और निर्मित उपकरणों को वरीयता दी जा रही है आशा है इससे स्व देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रक्षा क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश भी प्राप्तभ होगा रक्षामंत्री ने भारत में रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल क माध्यम से निजी क्षेत्र को जोड़ने के प्रयास जारी हैं राज्य मंत्रिमंडल ने पांच सौ सत्तर मिलियन डॉलर लागत की यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना की मंजूरी सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई काबीना बैठक में विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट के रोड सेफ़्टी घटक के तहत कराये जाने वाले कार्यो को अनुमोदित किया गया है

मंत्रिमंडल ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लगभग पांच सौ नब्बे एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथारिटी को दिये जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है इसके अलावा भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख और ग के खाली पदों को संविदा के आधार पर भरा जायेगा

काबीना ने जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें किशोर न्याय नियमावली भी शामिल है यह नियमावली किशोर न्याय अधिनियम दो हजार पन्द्रह के सन्दर्भ में बनाई गई ह इसमें किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है और इसमें सभी स्तर पर जवाबदही तय की है प्रदेश मंत्रिमंडल का कल विस्तार किया जा रहा है आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि कल दिन में ग्यारह बजे राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जायेगी

राज्य मंत्रिमंडल में इस समय मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री सहित कुल तैंतालीस सदस्य है

सर्वोच्च न्यायालय फेस बुक कम्पनी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजो हो गया है जिसम कपनी ने कहा है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़न की उपभोक्ताओं की मांग से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट म स्थानान्तरित किया जाये

तमिलनाडु सरकार ने कल शीर्ष अदालत को बताया था कि फर्जो अपमानजनक राष्ट्र विरोधी और आतंकी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार संख्या से जोड़े जाने की जरूरत है जबकि फेसबुक कम्पनी राज्य सरकार के सुझाव का इस आधार पर विरोध कर रही है कि बारह अंकों की आधार संख्या वाली विशिष्ट बॉयोमेट्रिक पहचान को साझा करने से उपभोक्ताओं की निजता का हनन होगा कम्पनी ने कहा कि वह आधार संख्या को तीसरे पक्ष क साथ साझा नहीं कर सकती क्योंकि वाटसऐप जैसे सोशल मीडिया साइट पर भेजे गए संदेश सिफ भेजने और पाने वालों तक ही सीमित रहते हैं और उसे स्वयं उनकी जानकारी नहीं होती है

बंगलूरू में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सिवन ने कहा कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है

सुबह चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चन्द्रमा की सतह को स्पर्श करेगा डॉ के सिवन ने बताया कि भारत पहला राष्ट्र है जो चन्द्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यान को उतारने की कोशिश कर रहा है

सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है

गृह मंत्रालय ने अपने ताज़ा आदेश में इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर व्याप्त खामियां दूर कर दीं

गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया है जिसमें सेवानिवत्ति की अलग अलग आयु को असंवैधानिक करार दिया गया था आदेश में कहा गया है कि जो कर्मी अदालत के आदेश और गृह मंत्रालय के निर्देश जारी होने की अवधि के बीच सत्तावन वर्ष की आयू में सेवानिवृत्त कर दिये गये हैं उनके पास दो विकल्प है वे अपने सभी पेंशन लाभों को लौटा कर पुनः सेवा में आ सकते हैं या फिर वह सभी लाभ ले सकते हैं जो उन्हें साठ वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय होगे भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पचहत्तरवीं जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के अनेक ज़िलों में विचार गोष्ठियों और रक्तदान शिविरों सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये यह दिन साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये सदभावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबबर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित किया गया इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री राज बब्बर ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिये अपने आपको बलिदान कर दिया कूशीनगर और बाराबंकी में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की गई रायबरेली के पूर्व विधायक अखिलेश सिंह का लम्बी बीमारी के बाद आज सुबह लखनऊ के संजय गांधी आयूर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया

श्री सिंह ने अपने राजनैतिक यात्रा की शुरूआत कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में उन्नीस सौ तिरानवे में की थी हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और निर्दलीय विधायक के तौर पर रायबरेली सीट का चार बार प्रतिनिधित्व किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सिंह के निधन पर दुःख जाहिर किया है लखनऊ में जारी शोक संदेश में श्री योगी ने कहा है कि श्री सिंह एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि थे और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिये हमेशा तत्पर रहते थे

आज ही के दिन बीस अगस्त दो हजार को एफएम रेनबो लखनऊ का पहला एफएम चैनल श्रोताओं के मनोरंजन हेतु सशक्त माध्यम के रूप में उभरा था एफएम रेनबो की वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किये जा रहे हैं प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई प्रमुख नदियों सहित स्थानीय नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है कानपुर देहात में यमुना और सेंगुर नदी का जलस्तर तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का सम्पर्क ट्रट गया है और कई गांवों के लोग बाढ़ की आशंका के मददेनज़र गांव छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर चले गये हैं तहसील प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने के बाद सतर्कता बढ़ा दी है तथा स्थानीय निवासियों को जरूरी मदद पहुंचा रहा है

केन्द्रीय जल आयोग ने बताया है कि अगले चौबीस घंटे के दौरान गंगा नदी ख़तरे के निशान को पार कर सकती है वहीं गंगा की सहायक नदी वरूणा के जलस्तर में भी तेज़ी से वृद्धि की वजह से ज़िले के कई बुनकर बाहुल्य गांव जलमग्न हो गये हैं